मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और अनेक मंत्रियों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना देते हुए घर पर होली मनाने की अपील की है

शिवपुरी जिले में होली का पर्व लोग कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मना रहे हैं

लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए होली की शुभकामनाएं और बधाई दी मुरैना में होली के दौरान कोरोना दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस शहर कें दो दर्जन स्थानों पर तैनात है और पुलिस टीम गश्त कर रही है आगरमालवा पन्ना और सतना जिलों में कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए लोग होली मना रहे हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया के जरिए होली के पर्व की शुभकामनाएं और बधाई दी होली लॉकडाउन होली पर लॉकडाउन होने से प्रदेश के प्रमुख शहरों में सड़कों पर सन्नाटा है त्यौहार के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं

घनी आबादी वाले और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है

बेरिकेडिंग कर आवाजाही करने वालों एवं बेवजह घूमने व मास्क नही पहनने वालों की चेकिंग की जा रही हैं बिना कारण के बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है अमरनाथ यात्रा बालताल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथजी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में पहली अप्रैल से शुरू होगा

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संकमण के नए मामलों में वृद्धि हो रही है

इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर संजय मिश्रा प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी